यह इस कार्यक्रम का पहला संस्करण होगा जो कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्चअल माध्यम से आयोजित होगा परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारी के सुझाव देंगे

सरकार का मानना है कि संक्रमण के बढते मामलों पर काबु पाने के लिए लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है

टीवी कोविड देश में कोविड के बढते मामलों के मद्देनजर सुचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी टेलीविजन चैनलों को एक परामर्श जारी कर चैनलों से आग्रह किया है कि वे दवाई भी कड़ाई भी के संदेश के प्रति जागरूकता पैदा करें और कोविड नियमों का पालन करने तथा पात्र लोगों को टीका लगवाने का संदेश दें

जन आंदोलन भोपाल से बाल साहित्यकार महेश सक्सेना ने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है

जिला स्तर पर यदि रविवार के साथ शनिवार का लॉकडाउन रखने की आवश्यकता हो तो इस संबंध में आपदा प्रबंधन समृह जिला स्तर पर निर्णय ले सकता है मुख्यमंत्री ने यह बात कल स्वास्थ्य आग्रह कार्यक्रम में वीडियो कॉफ्रेंस द्वारा विभिन्न जिलों के नागरिकों और समाज सेवियों से चर्चा के दौरान कही

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वॉलेंटियर्स को जिला प्रशासन द्वारा परिचय पत्र जारी किये जायेंगे कोरोना संक्रमण को रोकने में स्व प्रेरणा से बने कोरोना स्वयं सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका है उन्हें रोको टोको अभियान तथा अन्य गतिविधियों में इस परिचय पत्र से मदद मिलेगी

भोपाल जिले में कोविड मरीजों के लिये होम आइसोलेशन व्यवस्था को अधिक सुद्रढ़ किया गया है

भोपाल जिले में सभी शासकीय छात्रावास आगामी आदेश तक बंद कर दिये गए हैं होशंगाबाद में कोरोना गाइडलाइन का गंभीरता से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन व्यापक स्तर पर रोको टोको अभियान चला रहा है जबलप्र कलेक्टर ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने मास्क लगाने एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों सख्ती से पालन करने की अपील जिले के सभी नागरिकों से की है प्रदेश कोरोना खण्डवा एसडीएम ममता खेड़े ने गणगौर पर्व आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील सभी से की है

घर से परीक्षा में प्रश्न पत्र विद्यालय से जारी होंगे जिसे विद्यार्थी घर पर हल करके विद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में विद्यालय जाकर जमा करवाएंगे

पोषण अभियान पोषण अभियान को जनआंदोलन बनाने की आवश्यकता है इस अभियान से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की जरूरत है ताकि इससे संबंधित भ्रांतियों को भी दूर किया जा सके यह बात महिला और बाल विकास विभाग में निदेशक स्वाति मीणा ने पीआईबी और आरओबी भोपाल द्वारा वर्तमान समय और पोषण अभियान का महत्व विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कल कही वेबिनार में आहार विशेषज्ञ अमिता सिंह ने बताया कि कोरोना काल में शरीर की इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है पीआईबी भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य का आधार पोषण है

नमस्कार